सदन के सदस्य विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन भी रखेंगे

शिविर कल्लू विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने और उन्हें इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन व वीवीपैट की जानकारी देने के लिए बूथ स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अमित गुलेरिया ने बताया कि इस दौरान मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है रेडियो दिवस आज विश्व रेडियो दिवस है

इस वर्ष रेडिया दिवस की थीम है संवाद सहनशीलता और शांति मौसम जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बीती रात से रूक रूककर बर्फबारी का दौर जारी है हमारे केलंग प्रतिनिधि के मुताबिक इलाके में तीन से चार इंच तक बर्फबारी हो चुकी है इससे यातायात और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है कुल्लू की उंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात हुआ है जबकि किन्नौर और चंबा जिलों में बादल छाए हुए हैं

इस बीच मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग औट के समीप भूस्खलन के कारण अवरूद्व हो गया है और वाहनों को वैक्लिपक मार्ग कटौला कमांद बजौरा से भेजा जा रहा है उधर किन्नौर जिले के निचार उपमंडल में नाथपा झूले के पास चट्टानें गिरने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग पांच भी बीते दो दिनों से अवरूद्ध है जिसे बहाल करने का कार्य युद्वस्तर पर जारी है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण के शब्द हैं बजट में कृषि का जिक न होने पर विपक्ष ने घेरी सरकार दैनिक भास्कर का शीर्षक है आईपीएच में दस हजार पद खाली जनता को कैसे मिलेगा पानी सीएम से विधायक सिंघा ने उठाया पद भरने का मामला

हिमाचल दस्तक ने लिखा है परवाणु कांड में बाहरी राज्य के लोगों का हाथ विपक्षी सदस्यों के सवाल पर बोले मुख्यमंत्री जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी सरकार आपका फैसला के मुताबिक परवाणु गोलीकांड पर गर्माया सदन मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश भरमौर व च्राह की दो पंचायतों में राशन खत्म भूखे मरने की नौबत शीर्षक से खबर को पंजाब केसरी ने प्रमुखता दी है इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है पांवटा साहिब में वन माफिया ने किया डिप्टी रेंजर व वनरक्षक को कुचलने का प्रयास जबकि अमर उजाला ने लिखा है माफिया ने वन टीम पर चढ़ा दी गाड़ी डिप्टी रेंजर और गार्ड घायल दिव्य हिमाचल के मुताबिक पिकअप से विभाग की गाड़ी को मारी टक्कर वनरक्षक गंभीर घायल

दिव्य हिमाचल ने लिखा है हिमाचल से इसी माह शुरू होगी उड़ान दो हफते में छह दिन चंडीगढ़ शिमला के बीच उड़ेगा चौपर सौर ऊर्जा से जल्द ही सड़कों पर दौड़ेंगी अब बसें शीर्षक से अमर उजाला लिखता है आईटीआई मंडी के प्रशिक्षुओं ने तैयार किया सौर ऊर्जा बस का मॉडल छत पर लगेंगे खास पैनल मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है कल भारी बर्फबारी की चेतावनी येलो अलर्ट जारी

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय जनमंच से कार्यसंस्कृति तक में लिखा है कि जनमंच एक कुशल राह हो सकती है लेकिन मंजिल पर सरकारी कार्यसंस्कृति को हाजिर तथा सक्षम होना पड़ेगा

ऐसे में सरकार को शराब पर रोक लगाने के उपायों पर गौर करना चाहिए